मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी मामलों की समिति की आज सुबह नई दिल्ली में हुई बैठक में इसका फैसला किया गया केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि बैठक में एक और फैसला किया गया जिसके अनुसार विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्ररी तरह अलग थलग करने के लिए हए संभव राजनयिक कदम उठाएगा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की याद में दो मिनट का मौन भी रखा बैठक में आतंकी हमले और उसके बाद की सुरक्षा स्थिति का विस्तार से जायजा लिया गया श्री जेटली ने कहा कि जो लोग इस हमले के लिए जिम्मेदार और इसमें मददगार रहे हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी उन्होंने यह भी बताया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह स्थिति का जायजा लेने आज श्रीनगर जा रहे है और उनके लौटने के बाद सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा इस बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के प्रवक्ता ने कल के आतंकी हमले में सैंतीस जवानों के शहीद होने की जानकारी दी है इससे पहले की खबरों में हमले में तैतालीस लोगों के शहीद होने की बात कही गयी थी आतंकी गुट जैश ए मोहम्म्द ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है विश्व के कई देशों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी की कड़ी निंदा की है अमरीका रुस और फ्रांस ने आश्वासन दिया है कि वे आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए भारत के साथ खड़े हैं अमरीका के शीर्ष सांसदो ने भारत का समर्थन करते हुए अपनी संवेदनाएं और समर्थन व्यक्त किया है सीनेटर जैक रीड ने एक टवीट में कहा कि अमरीका आतंकवाद से मुकाबला करने और उसे पस्त करने में भारत के साथ खड़ा है रुसी दूतावास ने इस तरह के अमानवीय कृत्यों के साथ निर्णायक और बिना दोहरा मानदंड अपनाए सामूहिक जवाब देने की जरुरत पर जोर दिया फ्रांस जर्मनी आस्ट्रेलिया तुर्की कनाडा और चेक गणराज्य के राजद्रतों ने भी इस हमले की निंदा की है भारत के पड़ोसी देशों नेपाल बांग्लादेश भूटान श्रीलंका और मालदीव ने भी एकजुटता का परिचय देते हुए आतंकवाद से संयुक्त रुप से लड़ने का संकल्प व्यक्त किया प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना आज से श्रु होगी इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन सुनिश्चित की गई है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि इस योजना के अंतर्गत उन कामगारों को भी पेंशन दी जाएगी जिनकी मासिक आय पंद्रह हजार रुपये या इससे कम है और जो अटठारह से चालीस आयु वर्ग में आतें हैं असंगठित क्षेत्रों में लगभग बयालीस करोड़ कामगारों के होने का अनुमान है यह योजना अंतरिम बजट में घोषित की गई थी पेंशन प्राप्त कर रहे कामगार की मृत्यु के बाद पेंशन की आधी धनराशि उनके पति या पत्नी को दी जाएगी यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान पेंशन योजना है जिसमें फिफ्टी फिफ्टी के आधार पर निर्धारित आयु वर्ग के लाभार्थी को अंशदान करना होगा इसमें उतनी ही धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी राज्य में विधानसभा चुनाव और लोक सभा के लिए आम चुनाव में कुछ महीने शेष रहने के साथ ही भाजपा राज्य इकाई मिशन सिक्सटी प्लस टू पर है और राज्य में सत्ता बरकरार रखने का विश्वास जताया है यू एन आई से बातचीत में भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष तापिर गाव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का मिशन सिक्सटी प्लस ट्र अर्थात सभी साठ विधानसभा और दो संसदीय सीटे जीतना है और हम आगामी विधानसभा और लोक सभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं श्री गाव ने यह भी विश्वास जताया कि राज्य में अगली सरकार मुख्यमंत्री पेमा खांड्र के नेतृत्व में फिर से बनेगी और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता को बनाए रखेंगे मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने बताया कि तवांग के लिए नया हवाई अड़डा कार्ड पर है क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई पट्टी के लिए एक भूमि की पहचान की है तवांग में कल लोसर समारोह में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी उन्होंने तवांग में तत्काल हवाई अड्डा के निर्माण के लिए जोड़ देने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस हवाई अड्डे को नागरिक एवं रक्षा दोनों के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा